न्यायालय ने कहा है कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं को स्थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है अदालत ने कहा कि महिला अधिकारियों ने बहाद्री से देश की सेवा की है और सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए ताकि सशस्त्र बलों में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सके भाजपा अध्यक्ष भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा आज दोपहर बाद वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर ने बताया है कि श्री शर्मा भोपाल स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर थावरचन्द्र गेहलोत प्रहलाद पटेल फग्गनसिंह कुलस्ते पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सुमित्रा महाजन उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद प्रभात झा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्वागत भक्तों ने भजन गाकर किया गया

लोगों को इसकी जानकारी रहे इसके लिए सीट पर मंदिर भी बनाया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि ट्रेन में भक्ति संगीत के अलावा हर कोच में दो गार्ड और केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा यह ट्रेन लखनऊ कानपुर बीना भोपाल और उज्जैन होते हुए इंदौर तक पहुंची है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिपुर के विभिन्न प्रकार के खान पान और त्यौहारों के बारे में मणिपुर के स्थानीय भोजन में मुख्य रूप से चावल तथा मछली प्रसिद्ध है मछली की करी जिसे नगा थोंगबा के नाम से जाना जाता है लोगों को बहत अधिक पसंद हैं मणिप्र में शाकाहारी खाने के रूप में ऊटी खाना प्रसिद्ध है चामथोंग जो सब्जियों के साथ बनाया जाता है यहां का सबसे खास व्यंजन है यह स्रूप जैसी होती है इसे मौसमी सब्जियों को उबालकर बनाया जाता है इसे चावल और मछली के साथ भी खाया जाता है इसी तरह ऐरोबा भी यहां पसंद किया जाता है मछली को उबालकर उसे ड्राई करके इसे बनाया जाता है जो चावल के साथ परोसी जाती है इसी तरह मीठे में चाहाओ खीर बनाई जाती है यह खीर चावल दूध और कुछ फलों को मिलाकर बनाई जाती है मणिपुर के लोग बिना तेल का पकाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद करते है मणिपुर घूमने आए लोग यहां के स्थानीय स्वाद को चखे बिना वापस नहीं जाते तीर्थदर्षन योजना प्रदेष के अध्यात्म एवं धर्मस्व मंत्री पीसी षर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय से चली आ रही योजनाओं को बंद करने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है